बर्फबारी व वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है जनजातीय ज़िला लहौल स्पीति व किन्नौर में बर्फबारी का क्रम जारी है और अधिकांश सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए अवरूद्व हैं कुल्लू जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली सोलंगनाला घुंधी कोठी और गुलाबा में भी भारी हिमपात हो रहा है इधर राजधानी शिमला सहित इसके आसपास के पर्यटन स्थलों कुफरी नारकंडा चायल में भारी हिमपात हो रहा है

बर्फबारी के कारण शिमला ज़िला के ऊपरी इलाकों सहित शहर के अंदरूनी मार्गो में यातायात पूरी तरह बंद है शिमला शहर में वाहनों की आवाजाही बंद होने से लोगों को पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा सोलन व सिरमौर ज़िले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी होने का समाचार है इस बीच ये ताजा बर्फबारी व वर्षा किसानों व बागवानों के लिए बहुत फायदेमंद बताई जा रही है मौसम विभाग ने आज राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में भारी हिमपात जबकि निचले इलाकों में वर्षा की संभावना जताई है विभाग ने प्रदेश में कल से मौसम के साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊना जिले के कुटलैहड़ विघानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास किए

उन्होंने कहा कि उन्नति का यह सफर प्रदेशवासियों के सहयोग व समर्थन से पूरा हुआ है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना सफल हुई है देश की दो कम्पनियों ने कोविड की वैक्सीन तैयार करने की उपलब्धि हासिल की है जयराम ठाकुर ने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र में विकास कार्यो पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री का आज ऊना जिले के प्रवास का कार्यक्रम था लेकिन शिमला में भारी बर्फबारी के कारण वह व्यक्तिगत तौर पर वहां नहीं जा सके राष्ट्रीय ध्वज प्रदेश सरकार ने आम जनता से विभिन्न राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के दौरान प्लास्टिक के झण्डे के स्थान पर कागज से बने राष्ट्रीय झण्डे का उपयोग करने की अपील की है

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है इसलिए इसका समुचित सम्मान किया जाना चाहिए उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखने का आग्रह किया है सड़क सुरक्षा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बिलासपुर के घाघस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा नियमो पर सेमिनार आयोजित किया गया इस दौरान वाहन चालकों को सीट बैल्ट पहनने वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग न करने सहित अन्य यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की गई अतिरिक्त ज़िला भाषा व संस्कृति विमाग द्वारा भी बीते दिनों इस विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया